परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं अन्य सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अंतरिक मूल्यांकन एवं पिछले वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हालात और छात्रों के हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

वहीं कॉलेज के स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी परीक्षाएं घर में ही रहकर ओपन बुक प्रणाली से दे पायेंगे इसी प्रकार स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को गत वर्ष के परीक्षा परिणाम तथा वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा

होषंगाबाद जिले के तीन छात्र छात्राओं ने प्रदेश की प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है

मुरैना के हायर सेकण्डरी के विज्ञान संकाय के छात्र कृष्णा डण्डौतिया ने प्रदेश की मेरिट सूची में सातवां स्थान बनाया है

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों से सख्ती से निपटने को कहा श्री चौहान ने कहा कि अपराधी तत्वों के विरुद्व चलाए जा रहे अभियान को निरंतर जारी रखें कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए मुख्यमंत्री ने सागर दमोह और टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए किए गए प्रबंधों की भी समीक्षा की उन्होंने सागर मेडिकल कॉलेज में उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के प्रोफेसर द्वारा रिश्वत मांगने की घटना को गंभीरता से लिया है श्री सारंग ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए हैं कि कहीं से भी विद्यार्थियों से पैसा मांगने या भ्रष्टाचार की शिकायत पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जीएमसी के डीन डॉक्टर मुरली लालवानी को लोकायुक्त पुलिस ने एक छात्र को पास करने के बदले में डेढ़ लाख रूपए की रिष्वत की मांग की थी उन्हें चालीस हजार रूपए रिष्वत लेते पकड़ा गया था

भोपाल में दस दिन का लॉकडाउन का आज चौथा दिन है प्रदेश भर में रविवार को लॉकडाउन लगाने के आदेश हैं वहीं कुछ स्थानों पर शनिवार को भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है तोमर ऊर्जा मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सुंदर स्वच्छ तथा शिक्षित हो ग्वालियर हमारा हम सभी का यही प्रयास रहेगा तोमर ने कल एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए भूमि पूजन किया

विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी

बिजली कंपनी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है जिसमें प्रे कंपनी कार्यक्षेत्र के कॉर्पोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों ने ई ऑफिस प्रणाली से काम करना शुरू कर दिया है कंपनी ने कल से एनआईसी ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ई फाइल एवं पत्राचार का काम शुरू कर दिया है ऊर्जा मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने ई ऑफिस प्रणाली लागू करने पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कोरोना संक्रमण के दौरान उपभोक्ताओं को घर बैठे स्विधाएं उपलब्ध होंगी

यह एक माह में दूसरे बाघ की मौत है क्षेत्र संचालक केएस भदौरिया ने बताया कि गहरीघाट रेंज के बीट मझौली में पांच साल के नर बाघ का चार पांच दिन प्राना शव मिला है बीट गार्ड को गश्त के दौरान दुर्गन्ध आने पर खोजबीन की गई तो सड़ चुका बाघ का शव नजर आया

जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिनेश यादव ने यह जानकारी दी है

उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है वहीं मुरैना के पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंषाना कोरोना संक्रमित हो गए है इन दोनों नेताओं ने हाल ही में मुख्यमंत्री ष्विराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी

उन्होंने जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली

कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा